और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पूरे प्रदेश में समारोहपूर्वक मनायी गयी

श्री अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव विषय पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बात कही

अगर परिणाम आपके पक्ष में है तो सही है और आपके पक्ष में नहीं है तो गलत है मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इरादा बैलेट पेपर प्रणाली की तरफ वापस लौटने का नहीं है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 उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है अधिनियम में एससी एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान रखा गया है न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने कहा कि केन्द्र द्वारा शीर्ष न्यायालय के बीस मार्च के फैसले और नये संशोधनों के खिलाफ दायर याचिका पर एक साथ सुनवाई की जायेगी पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रनर्गठित पीठ को भेज दिया है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र की महिला सशक्तीकरण की योजनाओं से बेटियों से भेदभाव करने वाली समाज की मानसिकता में परिवर्तन आया है श्री सिंह आज मोतिहारी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कन्या उत्सव का उद्घाटन कर रहे थे

केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लिंगानुपात के हिसाब से देश भर के एक सौ चार जिलों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जल्द ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार देश के सभी छह सौ चालीस जिलों में किया जायेगा प्रकाश पर्व के आयोजन को लेकर पुलिस विभाग में घोटाला सामने आने के बाद पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लेखा शाखा का फिर से ऑडिट कराने का आदेश दिया है पटना की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है गौरतलब है कि पटना में आयोजित प्रकाश पर्व के दौरान तीन निजी कंपनियों को लगभग छियासठ लाख रूपये का दो दो बार भुगतान कर दिया गया था एक बार रूपये भुगतान के बाद दोबारा इनके खाते में रूपया डाल दिया गया इस मामले में अब तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के छह कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है इस बीच उप महानिरीक्षक ने बताया कि लेखा अनुभाग के अपर पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है समस्तीपुर के कल्याणपुर में आज अज्ञात अपराधियों ने राजद नेता और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष रघ्वर राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जानकारी के अनुसार राजद नेता मॉर्निंग वाक के लिये जा रहे थे तभी मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने घात लगाकर उनपर गोलीबारी की बाद में दरभंगा में एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा उच्च पथ को जाम कर दिया जननायक और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज पूरे प्रदेश में समारोहपूर्वक मनायी गयी इस अवसर पर बिहार विधान मंडल परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने कर्प्री ठाकूर की आदमकद प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम स्थित स्मृति भवन में जननायक के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया इधर राजद द्वारा आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जननायक के तैलचिप पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया के द्रूपयोग से समाज में तनाव फैल रहा है श्री कुमार आज पटना में कर्पूरी जयंती समरोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिये समाज में कट्ता का माहौल बनाया जा रहा है जिससे बचने की जरूरत है श्री कुमार ने कहा कि समाज को और संवेदनशील होने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया के जरिये प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाये जाने की अपील की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 यह कार्यक्रम मंगलवार को दिन में ग्यारह बजे से होगा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 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह बारिश हुई वहीं अधिकांश क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये हैं इसके कारण ठंड में भी बढ़ोतरी महसूस की जा रही है भागलपुर का सबौर आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है साथ ही इस दौरान पन्द्रह से बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की ओर से साईक्लॉनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है जिस कारण सीवान सारण बक्सर और भोजपुर जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत भनखेप जंगल में पूलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया मारे गये नक्सली के पास से पुलिस ने एक इंसास राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है अपर पुलिस अधीक्षक कुमार आलोक ने बताया कि नक्सलियों की धर पकड़ के लिये छापेमारी अभियान जारी है इधर लखीसराय में पुलिस ने लेबी वसूल रहे तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है नक्सलियों के पास से दो देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से स्पेशल टास्क फोर्स ने दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गये अपराधियों के पास से पुलिस से लूटी गयी एक रायफल और सत्रह कारतूस बरामद किये गये हैं आज बिहार प्रवासी दिवस है इस अवसर पर पटना में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने प्रवासी बिहारियों से राज्य में उद्योग लगाने की अपील की उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिये बेहतरीन माहौल है और औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं आदिवासियों द्वारा तैयार किये गये विभिन्न उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये कल से पटना में पहली बार तारामंडल परिसर में दस दिवसीय आदी महोत्सव का आयोजन किया जायेगा ट्राईफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस महोत्सव में बीस राज्यों के दो सौ पचास से अधिक शिल्पी और कलाकार भाग लेंगे उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रत्येक आदिवासी कलाकार को औसतन दस से पंद्रह लाख रूपये की आमदनी होती है प्रबंध निदेशक ने बताया कि थारू आदिवासी कलाकारों के कौशल विकास के लिये बेतिया में वन धन केन्द्र खोला जायेगा सारण जिले के छपरा से दस दिन पहले अपहरण किये गये डॉक्टर सजल के नाबालिग भतीजे का आज शव बरामद हुआ पुलिस मामले की जांच कर रही है नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बकसंडा गांव के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने एक सौ तीन किलो गांजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पटना के कोतवाली थाना पुलिस ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक पूर्व कर्मचारी को नौकरी के नाम पर सात लाख रूपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्रअंतग्रगत बलरामपुर में ईट भट्डे की दीवार के गिरने से एक मजदूर की मौत हो गयी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया